प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील की

भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज तीन और कांग्रेस नेता राहुल गांधी दो चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

चुनाव आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पहले घंटे में दो शमलव चार प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज हो रहे पहले चरण के मतदान के लिए सभी मतदाताओं से बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील की है एक ट्वीट में श्री मोदी ने मतदाताओं से वोटिंग के दौरान मास्क पहनने और सुरक्षित दूरी के मानकों का पालन करने की अपील की है अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि मतदान सुचारू रूप से चल रहा है

मतदान केन्द्रों पर युवा महिला और बुजुर्ग सहित अन्य मतदाताओं की लंबी कतारें देखी जा रही है गया से हमारे संवाददाता के के लाल ने बताया कि कोविड से बचाव के एहतियाती उपायों के साथ लोग मतदान प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं

मतदान प्रक्रिया की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी हो रही है एक सौ साठ माइक्रो आव्जर्वर की तैनाती की गयी है मतदान समाप्ति के बाद जीपीएस लगे वाहनों से ईवीएम को स्ट्रांग रूम तक पहुंचाया जायेगा दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के लिये मतदान कोन्द्रों पर रैंप और व्हील चेयर की व्यवस्था है पोलिंग बूथों पर पेयजल शेड और शौचालय की भी व्यवस्था की गयी है मतदान का सामान्य समय सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक निर्धारित है हालांकि नक्सल प्रभावित पैंतीस निर्वाचन क्षेत्रों में सुरक्षा कारणों से मतदान का समय अलग रखा गया है बांका जिले के कटोरिया और बेलहर मुंगेर के तारापुर मुंगेर और जमालपुर लखीसराय के सूर्यगढ़ा पटना के मसौढ़ी और पालीगंज तथा रोहतास के सासाराम और काराकाट में मतदान सुबह सात बजे से शाम चार बजे तक चलेगा इसी तरह गया जिले के शेरघाटी इमामगंज बाराचट्टी बोधगया और टिकारी नवादा के रजौली और गोविंदपुर तथा जमुई जिले के सिकंदरा जमुई झाझा और चकाई में भी मतदान का समय सुबह सात बजे से अपराह्न चार बजे तक निर्धारित है वहीं कैम्र जिले के चैनपुर में मतदान सुबह सात बजे शुरू होकर अपराह्न तीन बजे तक तथा चेनारी में चार बजे तक अरवल जिले के अरवल और कुर्था में पांच बजे तक तथा जहानाबाद जिले के जहानाबाद घोसी और मुखदुमपुर में पांच बजे तक मतदान होगा औरंगाबाद के नवीनगर कुटुंबा और रफीगंज में तीन बजे तक जबकि गोह ओबरा औरंगाबाद और गुरुआ में अपराह्न चार बजे तक ही वोट डाले जाएंगे चूनाव आयोग ने कहा है कि मतदाता पहचान पत्र के अलावा अन्य ग्यारह फोटोयुक्त वैकल्पिक दस्तावेजों के आधार पर लोग मतदान कर सकेंगे आधार कार्ड पासपोर्ट ड्राईविंग लाइसेंस फोटोयूक्त बैंक पासबूक श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्मार्ट कार्ड मनरेगा जॉब कार्ड स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज सरकारी पहचान पत्र और सर्विस पहचान पत्र के आधार पर भी मतदान किया जा सकता है आयोग ने कहा है कि फोटोयुक्त वोटर पर्ची पहचान पत्र के रूप में मान्य नहीं होगी आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि वोटर आईकार्ड में नाम पिता का नाम और पता में मामूली त्रुटि होने पर भी उसका उपयोग पहचान पत्र के रूप में मान्य होगा मतदान के दौरान लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए पटना रिथत मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गयी है यह सूबह सात बजे से रात्रि नौ बजे तक काम करेगा लोग द्रभाष संख्या शून्य छह एक दो दो दो एक पांच नौ सात आठ पर अपनी शिकायत या किसी अन्य प्रकार की सूचना दे सकते हैं इसके साथ ही मतदाता एक आठ शून्य शून्य तीन चार पांच एक नौ पांच शून्य पर भी संपर्क कर सकते हैं जिला स्तर के कॉल सेंटर के नम्बर एक नौ पांच शून्य से भी जानकारी ली जा सकती है आज हो रहे मतदान में दो करोड़ चौदह लाख से अधिक मतदाता एक हजार छियासठ उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे चूनाव आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इनमें एक करोड़ बारह लाख छियहत्तर हजार तीन सौ छियानवे पुरूष और एक करोड़ एक लाख उनतीस हजार एक सौ एक महिला मतदाता हैं वहीं तीसरे लिंग के मतदाताओं की संख्या पांच सौ निन्यानवे है प्रत्याशियों में नौ सौ बावन पुरूष और एक सौ चौदह महिलाएं हैं मतदान के लिये इकतीस हजार तीन सौ अस्सी पोलिंग बूथ बनाये गये हैं पहले चरण के तहत आज हो रहे विधानसभा चूनाव में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है इस चरण में राज्य के आठ मंत्री प्रेम कुमार रामनारायण मण्डल जयकुमार सिंह कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा शैलेश कुमार संतोष कुमार निराला विजय कुमार सिन्हा और ब्रज किशोर बिंद के भाग्य का फैसला होगा इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी एनडीए उम्मीदवार के रूप में गया जिले के इमामगंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं राजद ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी को उनके खिलाफ मैदान में उतारा है वहीं पूर्व मंत्री विजय प्रकाश और श्रीभगवान सिंह कुशवाहा के राजनीतिक भाग्य का फैसला भी मतदाता करेंगे इसके अलावा प्रमुख उम्मीदवारों में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज श्रेयसी सिंह अनंत सिंह ज्ञानेन्द्र सिंह ज्ञानू रामेश्वर चौरसिया उषा विद्यार्थी और राजेन्द्र सिंह जैसे राजनीतिक दिग्गज शामिल हैं पहले चरण के चुनाव में एनडीए गठबंधन में शामिल भारतीय जनता पार्टी उनतीस सीटों पर जनता दल यूनाईटेड पैंतीस और हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा हम छह सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं जबकि विकासशील इन्सान पार्टी वीआईपी का एक उम्मीदवार मैदान में है इधर महागठबंधन में शामिल पार्टियों में राष्ट्रीय जनता दल के बयालीस उम्मीदवार जबकि कांग्रेस के इक्कीस प्रत्याशी चुनाव मैदान में है इस चरण में महागठबंधन की सहयोगी भाकपा माले के आठ उम्मीदवार भी चुनाव लड़ रहे हैं

लोजपा के पैंतीस प्रत्याशी जदयू उम्मीदवारों के खिलाफ खड़े हैं विधानसभा चुनाव के दूसरे और तीसरे चरण के लिये प्रचार अभियान तेज हो गया है इस सिलसिले में आज भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दरभंगा मुजफ्फरपुर और पटना में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि वे आम लोगों के समक्ष एनडीए का विकास एजेंडा रखेंगे और गठबंधन का समर्थन करने की अपील करेंगे जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तीनों सभाओं में प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा करेंगे कोविड उन्नीस महामारी के बीच अधिकतम संभावित लोगों तक पहुंच बनाने के लिए भाजपा श्री मोदी की रैलियों का डिजिटल प्रसारण करेगी

विधानसभा चूनाव में ड्यूटी करने आये एक मतदान कर्मी मोहम्मद अब्बास आलम का दिल का दौरा पड़ने से पटना के बाढ निधन हो गया वे पटना के एक विद्यालय में पदस्थापित थे वहीं बिक्रम में चुनाव कराने आये एक मतदान कर्मी की भी मौत की खबर है वे नौबतपुर के रहने वाले थे औरंगाबाद जिले के ढ़िबरा थाना क्षेत्र अन्तर्गत बरांडा गांव के पास एक पुल के नीचे से पुलिस ने दो आई ई डी बम बरामद किया है हमारे संवाददाता ने बताया कि बम निरोधी दस्ते की मदद से बमों को निष्क्रिय कर दिया गया है भाजपा ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने के आरोप में सात नेताओं को पार्टी से छह वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया है जिन नेताओं को निष्कासित किया गया है उनमें पूर्व सांसद वीरेन्द्र चौधरी पूर्व विधायक परमानंद ऋषिदेव और अमन पासवान शामिल हैं प्लूरल्स पार्टी प्रमुख पुष्पम प्रिया चौधरी को प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रदर्शन करने के आरोप में कल देर रात पटना में हिरासत में लिया गया बांड भरने के बाद उन्हें छोड़ा गया प्रदेश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर पन्चानवे दशमलव दो पांच प्रतिशत तक पहुंच गई है यह दर राष्ट्रीय औसत से लगभग पांच प्रतिशत अधिक है अब तक दो लाख तीन हजार दो सौ चौवालीस मरीज स्वस्थ हो चुके हैं इस समय नौ हजार तिहत्तर रोगियों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है वहीं इस वैश्विक महामारी से एक हजार पैंसठ लोगों की मौत हो चुकी है स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में अब तक एक करोड़ से अधिक कोविड नमूनों की जांच हो चुकी है देशभर में जांच के मामले में उत्तर प्रदेश के बाद बिहार का दूसरा स्थान है भाजपा के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गये हैं उन्हें कल पटना एम्स से छुट्टी दे दी गयी बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा की तिथि में बदलाव किया है अब यह परीक्षा उनतीस नवम्बर की जगह तेरह दिसम्बर को होगी अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां हिन्दुस्तान दैनिक जागरण प्रभात खबर और दैनिक भास्कर समेत सभी समाचार पत्रों ने विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान लिखता है लोकतंत्र के महापर्व का पहला पड़ाव आज दैनिक जागरण ने इसी खबर को सुर्खी बनाते हुये लिखा है इकहत्तर सीटों पर सुबह सात बजे से मतदान दैनिक भास्कर ने लिखा है अपना वोट लोकतंत्र की वैक्सीन प्रभात खबर की सुर्खी इकहत्तर सीटें सब पर सीधी फाईट आज और राष्ट्रीय सहारा समेत आज के सभी समाचार पत्रों ने चुनाव प्रचार से जुड़ी खबरों को भी प्रमुखता से प्रकाशित किया है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील की

भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज तीन और कांग्रेस नेता राहुल गांधी दो चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित